प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट को किसानों व गांवों के विकास का बजट बताया प्रदेश में बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया भाजपा ने इसे विकास का बजट बताया जबकि कांग्रेस ने हिमाचल की अनदेखी का लगाया आरोप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

बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है इसके लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है केन्द्रीय बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है

बजट प्रस्तावों से किसानों की आय दोगुनी करने मजबूत बुनियादी ढांचा स्वस्थ भारत सुशासन युवाओं के लिए अवसर सबके लिए शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकलपबद्वता व्यक्त होती है वित्तमंत्री ने बजट अनुमानों में पूंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है

बजट में तीन नई रेलवे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है

वित्तमंत्री ने कहा कि स्वदेश में निर्मित न्यूमोकोल वैक्सीन को पूरे देश में दिया जायेगा

सरकार ने देश के करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अनेक सुधार किए हैं लाभांश वितरण कर भी समाप्त कर दिया गया है छोटे करदाताओं पर बढती छूटों के कारण कर का बोझ कम हुआ है

वित्तमंत्री ने कहा कि सभी के लिए आवास और किफायती आवास सरकार की प्राथमिकता है प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती आवासों की आपूर्ति के लिए अधिसूचित किफायती किराया आवास परियोजनाओं के लिए कर में छूट की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज लोकसभा में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट के दिल में किसान व गांव है उन्होंने कहा कि इससे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में विकास का विश्वास भी है और कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है

शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य कृषि व शिक्षा जैसे क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है जिसका लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने कहा है कि केन्द्रीय बजट ने स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा ध्यान रखा गया है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी केन्द्रीय बजट प्रस्तावों की सराहना की है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इससे हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे

सांसद किशन कपूर ने कहा कि सदी का ये पहला बजट देश को तीव्र गति से विकास के मार्ग पर ले जाएगा प्रतिक्रिया कांग्रेस इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में हिमाचल की अनदेखी हुई है और प्रदेश के लिए कोई योजना नहीं है उन्होंने कहा कि बजट में प्रदेश में रेल विस्तार के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है वीरभद्र सिंह ने इस बजट को निराशावादी बताया है इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी बजट की आलोचना की है उन्होंने कहा कि बजट में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है और बजट में प्रदेश के लिए किसी नई योजना का प्रावधान नहीं है

ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं स्कूलों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जा रहा है और विद्यार्थी अध्यापक व अन्य स्टाफ मास्क और सैनेटाईजर का प्रयोग कर रहे हैं

सामुदायिक रेडियो किसानों को कृषि संबंधी सूचना व नई तकनीक से जागरूक कराने के लिए कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जल्द ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन आरम्भ करेगा